उन्होंने बताया कि राज्य में कहीं भी फर्जी मतदाता होने की कोई शिकायत या सूचना प्राप्त नहीं हुई है

इसके बाद सबल अभियान चलाकर भी छूट गये मतदाताओं के नाम जोड़े गए और अब दूसरे पुनरीक्षण कार्यक्रम के तहत पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे इसी क्रम में जून जुलाई के बीच मतदान केंद्रों का सत्यापन और पुनर्गठन का काम भी किया जाएगा